अब समाचार विस्तार से चुनाव अधिसूचना लोकसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना आज जारी की जाएगी

अधिसूचना जारी होने के साथ ही इन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी

पहले चरण में जिन अन्य राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में मतदान कराया जाएगा उनमें अरुणाचल प्रदेश की दो असम की पांच बिहार की चार जम्मू कश्मीर की दो महाराष्ट्र की सात ओडीसा की चार उत्तरप्रदेश की आठ उत्तराखंड की पांच पश्चिम बंगाल की दो सीटों सहित छत्तीसगढ़ मणिपूर मिजोरम सिक्किम नगालैंड त्रिपूरा अंडमान निकोबार और लक्ष्यदीप की एक एक सीट शामिल है इसी के साथ आज ही चार राज्यों के विधानसभा चुनावों की अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी पर्रिकर निधन गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का कल शाम निधन हो गया

चार बार के मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री श्री पर्रिकर करीब एक वर्ष से अग्नाशय संबंधी बीमारी से जूझ रहे थे श्री पर्रिकर का अंतिम संस्कार आज शाम राज्य के मिरामार में किया जाएगा

शव यात्रा शाम चार बजे शुरू होगी और शाम पांच बजे पूरे राजकीय सम्माान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा

इस दौरान पूरे राज्य में सभी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा और कोई सरकारी समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा केन्द्र ने भी श्री पर्रिकर के सम्मान में आज राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है इस दौरान राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की राजधानियों में राष्ट्रीय ध्व्ज झुका रहेगा गोवा के मुख्यामंत्री के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए आज सवेरे केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भाजपा ेअध्यक्ष अमित शाह सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ गोवा की राज्यपाल मुदुला सिन्हा और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सहित अन्य नेताओं ने भी श्री पर्रिकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने श्री पर्रिकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है वहीं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने श्री पर्रिकर के निधन पर दुख जताते हुए उन्हें असाधारण नेता बताया

इस दौरान श्री अग्रवाल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की सुविधा के लिए किये जा रहे प्रयासों की जानकारी देंगे वे निर्वाचन प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्नों के जवाब भी देंगे इसके लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के फेसबुक पेज ब्व्ड्म्समबजपवदे पर कमेंट बॉक्स में जाकर प्रश्न पूछ सकते हैं दूसरी ओर कल अनूपपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी ने फेसबुक लाईव के जरिए जिले के मतदाताओं के प्रश्नों के जवाब दिये इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से शतप्रतिशत मतदान की अपील की

आयोग ने अब चुनाव घोषणा पत्र को आदर्श आचार संहिता का भाग बना दिया है इसके लिए पार्टियों के लिए चुनाव की घोषणा के बाद नियमों का पालन करना जरूरी है

इसमें यह भी कहा गया है कि एक से अधिक चरण के मतदान की स्थिति में भी प्रतिबंधित अवधि के दौरान चुनाव घोषणा पत्र जारी नहीं किया जाएगा

आयोग के अनुसार यह प्रावधान आगामी सभी चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता का अंग रहेगा और इसे लागू किया जाएगा

इस उपलक्ष्य में कल जबलपुर स्थित आर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में बनने वाले बम और अन्य उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई इसमें थल वायु और नौसेना के उत्पादों को रखा गया है प्रदर्शनी का अवलोकन करने के लिए आए लोगों ने रक्षा उत्पादों को देखा और वहां पर मौजूद फैक्ट्री के लोगों से जानकारी ली सेना से संबंधी साजोसामान को देखने के लिए बच्चे युवा और महिलाओं के अलावा बुजुर्ग भी पहचे

इसके अलावा यहां पर फैक्ट्री कर्मचारियों द्वारा बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है भगौरिया पर्व प्रदेश के आदिवासी बहल झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में इन दिनों आदिवासियों के प्रमुख पर्व भगौरिया की धूम है आदिवासी परंपरा के अनुसार ढोल मांदल की थाप पर नाचते गाते और सजसंवरकर आदिवासी भगौरिया पर्व पर आयोजित मेले में पहुंच रहे हैं मेले में झूले और चकरी का भी आनंद लिया जा रहा है वहीं राजनीतिक दल भी इन हाट बाजारों में रंगारंग गैर निकाल रहे हैं जगह जगह पंच सरपंच और पटेलों का साफा बांधकर सम्मान किया जा रहा है साथ ही निर्वाचन आयोग द्वारा जगह जगह ईवीएम मशीनों और वीवीपेट मशीनों के बारे में लोगों को जानकारी देकर मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान के लिये जागरूक किया जा रहा है

अन्य सभी एथलेटिक्स स्पर्धाओं के लिए ओलंपिक क्वालीफिकेशन की अवधि इस साल एक मई के शुरू होगी और अगले साल जून तक चलेगी टोकियो ओलम्पिक के लिए अभी तक एथलेटिक्स से कोई अन्य भारतीय क्वालीफाई नहीं कर सका है

उप जिला निर्वाचन अधिकारी डीके नागेन्द्र ने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से इस कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहने की अपील की है